मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब मिलकर काम करें तो आने वाले समय में सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवायें संभव बीकानेर जिले के लूणकरणसर में पोटाश का दुनिया का सबसे बड़ा भण्डार मिला

श्री राय ने कहा कि देशवासी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि भारत से लगी दुनिया की सबसे अधिक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक वी के जोहरी ने कहा कि बल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान निकालने पर काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवार को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सीमा सुरक्षा बल बहादुरी के साथ देश की सीमा की रक्षा कर रहा है प्राकृतिक आपदा और संकट की स्थिति में बी एस एफ कर्मियों ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये बाड़मेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

इसमें बजट घोषणाओं के अंतर्गत किये गये कार्यो की समीक्षा की गई बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब मिलकर काम करें तो आने वाले समय में राईट ट्र हैल्थ संभव है

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जल्दी ही प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत की जायेगी

श्री गहलोत आज जयपुर के गोविन्द देवजी मन्दिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए उन्होने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से पूरे समाज को मानव सेवा की प्रेरणा मिलती है इस अवसर पर उन्होंने मन्दिर की नई वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया

श्री मेघवाल आज बीकानेर नगर निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित के पदभार ग्रहण के अवसर पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे

इस अवसर पर उन्होने कहा कि प्रदर्शनी में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है इससे पहले श्री शेखावत ने भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी एक्सप्रेस द्वि साप्ताहिक ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल के एड्स दिवस की थीम कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस रखी है एड्स दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपूर के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित रेड रिबन क्लब के सदस्यों सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर प्रदेशभर में जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंध् ने घटनास्थल पर पहंचकर मामले की पूरी जानकारी ली और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गौरतलब है कि बालिका कल अपने स्कूल में चल रही खेल प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी जिसके बाद घर नहीं लौटी आज बालिका का शव स्कूल के पास झाड़ियों मे मिला